मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश धवाला और अरुण कुमार द्वारा पूछे गए एक संयुक्त सवाल के जवाब में ये जानकारी दी जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में इस समय करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने के लिए कोई नीति नहीं है और उन लोगों को ये नौकरियां देने के लिए प्राथमिकता दी जाती है जो आर्थिक तौर पर दयनीय स्थिति में हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर अगले वित्त वर्ष में नीति बना दी जाएगी और इसमें मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा इस सम्बंध में विधायक नंदलाल ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछा विधायक सुखराम चौधरी के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है और सरकार इसमें सफल भी होगी उन्होंने कहा कि बद्दी के लिए रेल लाईन बिछाने के मामले में सोलन के उपायुक्त को नए भू अधिग्रहण कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि यहां किसान एक बीघा जमीन का मुआवजा डेढ़ करोड़ रुपए मांग रहे थे जो संभव नहीं है नए भू अधिग्रहण कानून के तहत अब यहां सरकार अनिवार्य भूमि अधिग्रहण करेगी

उन्होंने माना कि इन क्षेत्रों का रेल लाईन से जुड़ना जरूरी है क्योंकि यहां तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है जयराम ठाकुर ने बताया कि फिलहाल जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाईन ब्रॉडगेज नहीं होगी लेकिन इस लाईन पर ट्रेनों की गति बढ़ेगी और इनमें विस्टाडोम कोच भी जोड़े जाएंगे

विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए माकपा के राकेश सिंघा ने कहा कि जिस रूप में विधेयक को लाया गया है वह सदन की गरिमा के खिलाफ है उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक को गंभीरता से नहीं लाया गया और इसे घटिया तरीके से बनाया गया है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश सरकार शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है कांग्रेस के सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा नियामक प्राधिकरण की बैठकें हर तीन महीने बाद करने का सुझाव दिया जबकि जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस विधेयक का कोई औचित्य ही नहीं है उन्होंने भी इस विधेयक के माध्यम से शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया जगत सिंह नेगी ने विधेयक को सलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की और कहा कि इस विधेयक से शिक्षा विभाग कमजोर होगा इसलिए इसे जल्दबाजी में पारित न किया जाए विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश का उच्चतर शिक्षा परिषद का पहली बार गठन नहीं कर रही है बल्कि ये पहले से बनी हुई है और सरकार इसे केवल संवैधानिक दर्जा दे रही है उन्होंने दावा किया कि सरकार ने विधेयक में पूरी पारदर्शिता रखी है बाद में सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया जयराम प्रदेश में आपदा और अन्य आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी संचार के लिए सभी ज़िला मुख्यालयों को सैटेलाईट फोन प्रदान किए जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पुर्ननिर्माण और पुर्नविकास की वैबसाईट का शुभारंभ करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिले के काजा और चंबा जिला के पांगी व भरमौर के लिए भी ऐसे सैटेलाईट फोन दिए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सैटेलाईट फोन प्राकृतिक आपदा के समय राहत व पुर्नवास कार्यों में मददगार साबित होंगे उन्होंने बताया कि वैबसाईट में राहत व पुर्नवास मानदंडों से संबंधी सूचना दी गई है जो लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी इस बीच मुख्यमंत्री ने पुलिस लाईन धर्मशाला में सहायक केन्द्रीय पुलिस कैंटीन का शुभारंभ किया ये कैंटीन पुलिस विभाग द्वारा सेना कैंटीन की तर्ज पर चलाई जाएगी

व्यासनाला के समीप निगम की ओएफसी कट जाने से इंटरनेट सेवा ठप्प पड़ी है लोगों का कहना है कि इससे जहां सरकारी काम प्रभावित हो रहा है वहीं परीक्षाओं व रोजगार के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले युवाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने जिले की सभी पंचायतों लोकमित्र केन्द्रों और कार्यालयों में वी सैट लगाने की मांग की है ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके नमस्कार